प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे बाइट मैं कह सकता हूँ कि गाँधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे

सही अर्थो में यही महात्मा गाँधी को सच्ची श्रद्धांजलि है सच्ची कार्याजलि है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया बाइट देश की सभी नगरपालिका नगरनिगम जिला प्रशासन ग्राम पंचायत सरकारी गैरसरकारी सभी व्यवस्थाएँ सभी संगठन एक एक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के क्लेकशन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वेस्ट इकठ्ग हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुभाषित का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित सभी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया बाइट पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देशभर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आन्दोलन बनाया जा रहा है लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा

खुद को फिट रखना है देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा इन्ट्रसटिंग अभियान होगा श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यकम को प्रदेश में लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और उनके सन्देशों की काफी सराहना की

हापुड़ जिले में शहर और गांवों में लोगों ने प्रधानमंत्री के पोषण माह अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के अभियान पर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से जहां खुले में शौच से मुक्ति मिली है वहीं अब पॉलोथिनमुक्त अभियान से देश को नई दिशा मिलेगी बलरामपुर में प्रधानमंत्री के कार्यकम को सुनने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया युवाओं ने कहा कि कार्यक्रम की हर कड़ी से हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन के माध्यम से जीवन में समस्याओं का हल ढूंढने का सन्देश दिया

वे आज रात बियारिट्ज पहुंचेंगे शिखर सम्मेलन में भारत को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है श्री मोदी इस सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे इस वार्षिक सम्मेलन में सभी सदस्य देश फ्रांस इटली कनाडा अमरीका जापान जर्मनी और ब्रिटेन के नेता हिस्सा ले रहे हैं

भारत उन चार देशों में शामिल है जिन्हें सहयोगी देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है और जो विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं इस साल की बैठक का विषय है असमानता से लड़ाई बैठक में लैंगिक आर्थिक और सामाजिक भेदभाव से लड़ने के तरीकों पर चर्चा होगी अमेजोन के जंगलों में लगी आग और ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स का मुद्दा भी यहां गरम है दूनिया के सबसे विकसित देशों की बैठक में इंटरनेट के जरिए अतिवाद फैलाने को रोकने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा

श्री मोदी ने कल मनामा में बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात की दोनों देशों के बीच संस्कृति अंतरिक्ष सौर ऊर्जा और रू पे कार्ड को लेकर कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं श्री मोदी को किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसां से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया श्री मोदी ने श्रीनाथ जी के कायाकल्पित मंदिर का उद्घाटन भी किया यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सून रहे हैं

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया छाछठ वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता का लम्बी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था श्री जेटली का पार्थिव शरीर आज सुबह पार्टी मुख्यालय पर रखा गया जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी

इनके साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अन्य नेतागण और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेटली के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व वित्तमंत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी बहरीन नेशनल स्टेडियम में कल भारतीय समुदाय को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात की कल्पना भी नही कर सकते कि नई दिल्ली में उनके प्रिय मित्र और सहकर्मी का निधन हो गया और वह इतनी दूर बहरीन में हैं

उनके साथ प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी उपस्थित रहे कई अन्य मंत्रियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अरूण जेटली को सफल राजनेता बताते हुए बरेली में कहा कि आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में किये गये उनके कार्य अविस्मरणीय हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव और राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने पूर्व वित्तमंत्री के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने शोक सन्देश में कहा कि दश अरूण जेटली द्वारा किये गये कार्यो को हमेशा याद रखेगा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक भारत को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इसी कम में बच्चों को गोद लेने की पहल की शुरूआत राजभवन से की गयी है

गोद लेने वाले अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बच्चों के इलाज और पौष्टिक आहार की समुचित व्यवस्था कर